उन्होंने कहा कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और इसके पुनर्लेखन की जिम्मेदारी समाज और इतिहासकारों की है वे आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दो दिनों की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहे थे गृहमंत्री ने कहा कि अपने इतिास को संजोने की जिम्मेदारी देश की होती है केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार बीएसएनएल के समक्ष आ रही मुश्किलों को दूर करने का प्रयास कर रही है श्री प्रसाद ने आज नई दिल्ली में कहा कि बीएसएनएल देश के रणनीतिक हित में है उन्होंने कहा कि सरकार दूरसंचार क्षेत्र की दिक्कतों को भी दूर करना चाहती है लेकिन सरकार यह भी उम्मीद करती है कि कंपनियां अपना नेटवर्क बेहतर बनाने और उपभोक्ताओं को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करने की जिम्मेदारी निभाएंगी श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं

श्री आंजना आज राजसमंद में जिलास्तरीय अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे

आज तीसरे दिन भारतीय सेना के जवानों एनसीसी और स्काउट के केडट्स तथा कई स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के बारे में जानकारी हासिल की

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आगामी दिसम्बर से गेहूं हर महीने लेना अनिवार्य होगा खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीना ने बताया कि प्रदेश में दिसम्बर माह से पिछले माह की राशन सामग्री प्रचलित माह के साथ वितरण करने की व्यवस्था समाप्त कर दी जायेगी नये नियम के अनुसार लाभार्थियों को उचित मूल्य की द्वकान से गेहूं प्रतिमाह लेना जरूरी होगा उन्होंने बताया कि अगर कोई लाभार्थी दिसम्बर में राशन सामग्री नहीं लेता है तो उसे जनवरी में दिसम्बर माह की बकाया रसद सामग्री का वितरण नहीं किया जायेगा श्री मीना ने बताया कि प्रदेश में राशन पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था पहले की तरह ही लागू रहेगी जिसके तहत पात्र लाभार्थी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है

नागौर जिले में बीकानेर क्षेत्र से टिड्डी दलों के प्रवेश करने की सूचना के बाद जिले में कृषि विभाग सतर्क हो गया है जिले के घोड़ारन छिल्ला सेवी झोरड़ा सहित कई जगह टिड्डी दल देखे गए हैं हमारे नागौर संवाददाता ने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच गए हैं

कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों के हाथों मारे गए ट्रक चालक शरीफ को आज भरतपुर जिले के पहाड़ी क्षेत्र के उभाका गांव में सुपुर्द ए खाक कर दिया गया उनकी तीन बेटियों ने समाज की परम्पराओं को तोड़ते हुए अपने पिता के जनाजे को कंधा दिया इन तीनों ने फौज में भर्ती होने का भी संकल्प लिया